परिवहन मंत्री युनुस खान ने कहा सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार सभी वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नम्बर प्लेट लगाना होगा जल्दी ही अनिवार्य

मुख्यमंत्री ने स्टेट हाइवे पर सभी तरह के निजी वाहनों को टोल टैक्स मुक्त करने का एलान किया

मुख्यमंत्री ने कहा कि थानागाजी और परतापुर में नगरपालिका बनाने की घोषणा की

वे यहां महिला दिवस के अवसर पर होने वाले विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे और एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे झुंझुनू के जिला कलक्टर दिनेश कुमार यादव ने बताया कि प्रधानमंत्री के कार्यक्रम की तैयारियां युद्ध स्तर पर चल रही है उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ योजना के तहत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले दस जिलों के कलक्टरों को भी सम्मानित करेंगे

पुलिस पूछताछ में उसने यह राशि पश्चिम बंगाल से लाना बताया है

अनुसूचित जाति जनजाति प्रकोष्ठ के सहायक पुलिस आयुक्त इस मामले की जांच करेंगे

विधायक मोहन लाल गुप्ता के प्रश्न के उत्तर में श्री खान ने बताया कि हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने के लिए फर्म का चयन करने की टेंडर प्रक्रिया चल रही है तब तक साधारण नंबर प्लेट ही लगायी जायेंगी

आज विघानसभा में शून्यकाल में बस्सी विधायक अंजू धानका द्वारा उठाए गए मामले पर उन्होंने यह व्यवस्था दी

विधानसभा में विधायक डॉ किरोडी लाल की ओर से पूछे गये प्रश्न के उत्तर में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री अरूण चतुर्वेदी ने बताया कि ये सभी पूर्णतया अस्थायी कार्यकर्ता हैं इनके कार्य की प्रकृति अलग अलग होने के कारण इनका मानदेय भी भिन्न है

उनहोंने सदन को आश्वस्त किया कि किसानों के भुगतान को लेकर किसी प्रकार का व्यवधान नहीं आयेगा

ये सुविधा वॉल्वों और एसी बसों में नहीं मिलेगी

बांसवाड़ा जिले में इस मौके पर कई जगह गैर नृत्य का आयोजन हुआ घौलपुर के मचकुण्ड स्थित जगमोहन मन्दिर में फूलों से होली खेली गई